टीम कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में हुआ शामिल

राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठासी प्रतिशत हुई

प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में केन्द्रीय टीम पटना आ गयी है छह सदस्यों वाली यह टीम चार सितम्बर तक बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी केन्द्रीय दल कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगा दौरे की समाप्ति के बाद यह टीम राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगी सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय टीम को नुकसान से संबंधित ज्ञापन सौंपा जायेगा गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार बाढ़ से सोलह जिलों की चौरासी लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है बीस जिलों में सात लाख पचास हजार से अधिक हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिले में हुआ है वहीं बाढ़ के कारण चार हजार सात सौ ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके अलावा कई मुख्य सड़कों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है प्रभावित क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है जिसके बाद लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में कोसी नदी बलतारा और कुरसेला में तथा महानंदा नदी तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है हालांकि जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर है वहीं गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से ऊपर बना हुआ है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज पटना में इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि वे बिना किसी शर्त एनडीए में शामिल हो रहे हैं श्री मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है सीटों के बंटवारे पर बाद में सभी दलों की सहमति से कोई अंतिम फैसला होगा श्री मांझी ने महागठबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर वे महागठबंधन में शामिल हुए थे वह पूरा नहीं हो सका

वे बिहार विधानसभा में पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा और जदयू समेत कोई भी एक दल अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि भाजपा मजबूत है और पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर क्रियाशील है बावजूद इसके पार्टी मिल जुलकर चुनाव लड़ेगी उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी लोजपा से मतभेद पर श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही मिल बैठकर पूरे मामले को हल कर लिया जायेगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव सत्यानंद दांगी ने आज भारतीय लोक चेतना पार्टी के नाम से नये दल के गठन की घोषणा की है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री दांगी ने कहा कि उनकी पार्टी इकतालीस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी श्री दांगी ने कहा कि समान विचार वाले दल अगर समझौते का प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर विचार किया जायेगा बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ए आई एम आई एम पचास सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल इमान ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि अब तक उनतीस सीटों के नाम तय हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर च्रनाव लड़ेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत बिंद ने कहा कि बसपा का किसी भी दल से गठबंधन नहीं है और वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सुगमता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया खगड़िया जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जागरूकता रथ को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये रवाना किया रोहतास जिला प्रशासन ने निर्वाचन संबंधी सूचना के लिये दो हेल्पलाईन नम्बर जारी किये हैं लोग दूरभाष संख्या दो दो दो दो दो एक सात और दो दो दो दो एक आठ पर फोन कर चुनाव संबंधी जानकारियां ले सकते हैं इन नम्बरों के आगे रोहतास का एसटीडी कोड शून्य छह एक आठ चार लगाना होगा शेखपुरा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर लाईसेंसी हथियारों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठासी प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में एक हजार आठ सौ तीन मरीजों को छुट्टी दी गयी अब तक एक लाख तेईस हजार चार सौ चार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इसी अवधि में तेरह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ बाईस हो गया है इधर एक दिन में एक हजार नौ सौ उनहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चालीस हजार दो सौ चौंतीस हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ पच्चीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा अररिया से एक सौ छिहत्तर मधुबनी से एक सौ सोलह किशनगंज से तिरानवे पूर्वी चंपारण से तिरासी मुजफ्फरपुर से छिहत्तर और सहरसा से इकहत्तर मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों में एक लाख सताईस हजार चार सौ चार नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब संक्रमण की दर घटकर एक दशमलव पांच प्रतिशत हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग सतहत्तर प्रतिशत हो गई है अब तक उनतीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में बासठ हजार छब्बीस मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई वहीं इसी अवधि में एक हजार पैंतालीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छियासठ हजार तीन सौ तैंतीस हो गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है पिछले चौबीस घंटों में अठहत्तर हजार तीन सौ संतावन नये मामले सामने आये हैं जिससे कुल मामलों की संख्या सैंतीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ चौबीस हो गयी है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है साउंड बाईट तीन पिलर्स हैं हमारे हैंड हाइजिंग हाथ घर से साफ करके निकलें साबून से अपने पर्स में बैग में सेनेटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सेनेटाइजर से हाथ धोते रहें सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैंपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए कि कुछ लोग निकल जाए उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा के समय कोविड उन्नीस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इन मानकों के अनुसार कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य रूप से मास्क पहनना साबून से हाथ धोना और सेनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढंकना जरूरी है शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए मानक प्रक्रिया में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा की स्थिति और परीक्षार्थी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्व घोषणा भी प्रस्तुत करना भी शामिल है परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार साफ सफाई की जाएगी केन्द्र सरकार ने चीन में बने पबजी समेत एक सौ अठारह मोबाईल एप को प्रतिबंधित कर दिया है केन्द्र सरकार ने इन एप को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिये खतरा बताते हुए प्रतिबंधित किया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाईल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सरकार टिकटॉक सहित उनसठ चाईनीज एप को प्रतिबंधित कर चुकी है नीट जेईई और एनडीए परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने आठ जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है इन ट्रेनों में सभी सीटें आरक्षित होंगी और यात्रियों के लिये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा ये ट्रेन पटना से सहरसा राजगीर से दानापुर कटिहार से पटना पटना से आरा होते हुए भभुआ पटना से गया होते हुए भभुआ जयनगर से पटना राजेन्द्र नगर से जयनगर राजेन्द्र नगर से सहरसा और पाटिलपुत्र से सहरसा के बीच अप और डाउन चलेगी ट्रेनों का परिचालन चार सितम्बर से पंद्रह सितम्बर के बीच होगा इसके अलावा आज से बीस जोड़ी मेमू और डेमू ट्रेनों का परिचालन भी विभिन्न मार्गों पर शुरू हो गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास प्रस्कार दो हजार इक्कीस के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख पंद्रह सितंबर तक बढ़ा दी गई है यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे छब्बीस जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते है फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों के एक कारोबारी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है जैद नाम के इस व्यक्ति पर आरोप है कि वह मुंबई में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टियों के लिए मादक पदार्थों की आपूर्ति करता था

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से मिली जानकारियां ब्यूरो को दी थी जिनसे मादक द्रव्यों की खरीद और उपयोग के संकेत मिलते हैं पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है पितृपक्ष में हिन्दू धर्मावलंबी पितरों के मोक्ष के लिये तर्पण और पिंडदान करते हैं यह पक्ष सत्रह सितम्बर तक चलेगा कोरोना संक्रमण को देखते हुये इस बार गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा है गया जिला प्रशासन ने पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को जिले की सीमा पर रोकने के लिये दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की है पिंडदान के लिये आने वाले लोगों को जिले की सीमा से ही वापस लौटा दिया जायेगा समस्तीपुर जिले के बिथान थाना में पदस्थापित अवर पुलिस निरीक्षक अवधेश सिंह को शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि निलंबित दारोगा का शराब पीते हुए वायरल फोटो के सही पाये जाने के बाद ये कार्रवाई की गयी है बक्सर जिले में खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में पांच दुकानदारों का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है पूर्वी चंपारण जिले के चकिया टॉल प्लाजा के पास से पुलिस ने एक कंटेनर से सत्तर लाख रूपये मूल्य की विदेशी सुपारी जब्त की है मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो क्विंटल गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के मोकामा में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से दो किशोर की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से अपहृत एक बच्चे को पुलिस ने सक्शल बरामद कर लिया है मौके से तेरह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है

टीम कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में हुआ शामिल

राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठासी प्रतिशत हुई